प्रदेश सरकार ने राज्य के चौंतीस शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यो के लिए दिया शिक्षक सम्मान

लखनऊ मेट्रो ने पूरा किया एक वर्ष

देश भर में कल शिक्षक दिवस मनाया गया यह दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णंन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वैकैया नायडू ने कल नई दिल्ली में पैंतालिस शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया यह पुरस्कार प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका होती है हमारे भारतीय संप्रदाय और विचास्थाता में गुरूओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान की आमा को फैलाना केवल गुरू ही कर सकते हैं इसलिए गुरू को हम भगवान के प्रतिरूप मानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण मुमिका निमाने वाले महानुमावों को सादर सत्कार करने के लिए आज हम सम्मिलित हुए हैं श्री नायडू ने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत और मित्रवत व्यवहार रखने को कहा उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी रिक्षकों को बधाई दी है एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि गुरु शिष्य परम्परा भारतीय संस्कृति और विरासत की विशिष्ट पहचान रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के मन और व्यक्तित्व को गढ़कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निमाते हैं ज्ञान का आनन्द जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है

राजधानी लखनऊ में लोक भवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में चौतीस शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए सम्मानित किया गया इसमें आठ माध्यमिक शिक्षा के नौ उच्च शिक्षा के और सत्रह प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक शामिल है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों का सम्मान करते हुए कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र का निर्माता है उसका आचरण और व्यवहार जिस तरह से होगा उसी तरह से समाज का आचरण भी दिखाई देगा उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर हमारी सरकार ने फोकस करने का काम किया है और इसके परिणाम भी धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहे हैं राज्यपाल राम नाईक ने सभी शिक्षकों को बघाई देते हुए कहा कि देश के विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार प्रदान कर उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रारम्भिक काल से समाज के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां के शिक्षकों ने राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रौशन किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा की गृणवत्ता को सुधारने शिक्षा के उन्नयन शिक्षकों की कार्यशैली में परिवर्तन और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में बेहतर काम किया जा रहा है मेरठ कन्नौज अमरोहा गोरखपुर सुल्तानपुर और मऊ सहित विभिन्न जनपदों में भी शिक्षक दिवस धूम्बाम से मनाया गया इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा स्कूलों में शिक्षकों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये

प्राधिकरण ने कहा है कि यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों का आधार पंजीकरण कराये प्राधिकरण ने कहा है कि विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनने तक उनकी पहचान वैकल्पिक माध्यमों से कर उन्हें सभी सुविघाएं दी जाएं

इस मौके पर लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो ऐप को लांच किया और शुमंकर का भी लोकार्पण किया कार्यक्रम में मेट्रो मैन ई श्रीघरन लखनऊ मेट्रो के एमडी कुमार केशव प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना सहित गण्यमान्य नागरिक मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मेट्रो के सफलतम एक वर्ष के लिए बघाई देते हुए कहा कि मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में स्थानीय जनता के लिए एक बेहतर माध्यम बना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से कल बातचीत की उन्होंने खेलों में अनुकरणीय प्रदर्शन और एशियाई खेलों में अब तक के सबसे अधिक पदक दिलाकर देश का नाम रोशन करने पर उन्हें बधाई दी खिलाड़ियों से बातवीत में श्री मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि छोटे शहरों ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी सामने आ रहे हैं इस अवसर पर युवा मामलों और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि सरकार के प्रयासों से पदक तालिका में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली चौवन इंटर स्टेट कनेक्टिविटी मार्गो का नामकरण राष्ट्रीय और अर्तर्राष्ट्रीय स्तर के महापुरूषों के नाम पर किया जायेगा इन मार्गो पर प्रवेश द्वार बनाकर वहां हरियाती विकसित करने के साथ साथ क्षेत्र विशेष के महापुरूषों के बारे में उल्लेख किया जायेगा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही उन्होंने जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर स्वीकृत कार्यो की प्रगति को समय से पूरा करने के निर्देश दिये उन्हॉने आर्थिक विकास योजना के तहत जिला मुख्यालयों को फोर लेन की सड़क से जोड़ने और नाबार्ड की मदद से हो रहे कार्यो को निर्घारित समय में पूरा करने के लिए कहा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सड़के वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है उनकी मरम्मत एवं उन्हें गढ़ढा मुक्त करने के लिए धनराशि जारी कर दी गई है

उन्होंने कहा कि बगैर भेदभाव के भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कराई जायेंगी और य्वाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को प्रमावित करने वालों के विरूद्व सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी और पेपर लीक में शामिल लोगों पर रासुका लगाया जायेगा भीड़ की हिंसा के मामले पर विचार के लिए गठित मंत्रियों के समूह की कल नई दिल्ली में बैठक हुई जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार किया गया मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए नया कानून बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्छ समय पहले सचिवों का पैनल गठित किया गया था